इंडियन नैशनल लोकदल ने रोहतक भिवानी और क्रूक्षेत्र से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से हरियाणा की दस लोकसभा सीटों पर भाजपा के विकास कार्यो को दर्शाने वाले विजय संकल्प रथों को रवाना किया आज हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ सहित देशभर में ग्ड फ्राईडे श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है

ग्रूग्राम से हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी राव इन्द्रजीत सिंह ने गुरूग्राम लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा है इस दौरान उनके साथ लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र विधायक विमला चौधरी व केन्द्रीय कंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यो से संतुष्ट है और इसे देखते हये फिर से भरोसा जतायेंगे इसी तरह अखिल भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार प्रवीण कुमार व निर्दलीय उम्मीदवार क्शेवर भगत ने गुरूग्राम से नामांकन दाखिल किया फरीदाबाद से भी भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल ग्र्जर ने अपना नामांकन भरा उनके साथ हरियाणा भाजपा प्रभारी अनिल जैन उद्योग मंत्री विप्ल गोयल और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे उधर सिरसा से भाजपा प्रत्याशी सुनिता दुग्गल ने और सोनीपत से रमेश कौशिक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इसी तरह सतीश राज देसवाल और अश्विनी ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अम्बाला लोकसभा सीट से रतन लाल कटारिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद रहे एक रोड शो के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हये उन्होंने कहा कि च्नाव प्रचार तेज़ किया जा रहा है क्रूक्षेत्र से विनोद कुमार भारतीय जन सम्मान पार्टी के राम नारायण ने भी आज़ाद उममीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा

आज करनाल मे भी विभिन्न पार्टियों के लोकसभा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किये इनमें बसपा के पकंज पीपलज़ पार्टी आफ इंडिया के किताब सिंह और आदर्श जनता सेवा पार्टी के ईश्वर चंद सालवन का नाम शामिल है उधर हिसार से सीपीआई एम के प्रत्याशी सुखबीर सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है एडवोकेट प्यारे लाल ने भी आज हिसार से लोकसभा च्नाव के लिये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया उन्होने सहायक रिटानिंग अधिकारी अमरजीत सिंह मान के कार्यालय मे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हरियाणा में लोकसभा च्नाव के मद्देनज़र इंडियन नैश्नल लोकदल यानि इनैलो ने तीन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की इनैले प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने ये ऐलान करते हुये रोहतक से पूर्व सैनिक धर्मवीर फौजी भिवानी से पूर्व सैनिक बलवान सिंह यादव और क्रूक्षेत्र से य्वा नेता अर्ज्न चौटाला को चुनाव में उतारा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरूग्राम सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कल की जायेगी लोकसभा च्नावों के मद्देनज़र आज करनाल में प्लिस अधिकारियों की अंर्तराज्यीय बैठक हुई जिसमें पंजाब हरियाणा और उतरप्रदेश के प्लिस अधिकारियों ने आपसी तालमेल बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंक्श लगाने को लेकर चर्चा की इस बैठक में शामली सहारनप्र करनाल पानीपत कैथल और पटियाला सहित अन्य जिलों के उच्चाधिकारियों ने च्नाव में नशे धन शोधन और अवैध हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिये संयुक्त रूप से काम करने पर जोर दिया करनाल रेंज के महानिरीक्षक योगेन्द्र नेहरा ने बताया कि बैठक में सीसीटीवी कैमरों और विशेष टीमों के गठन पर विचार मंथन किया गया

नयूज़ चैनल की निगरानी में आदर्श चुनाव संहिता व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते वाली विषय वस्तु या समाचारों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा ताकि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो सके लोकसभा च्नाव के मद्देनज़र आज करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हाईटैक विजय संकल्प रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इन विजय संकल्प रथों के जरिये हरियाणा की सभी दस सीटों पर भाजपा दवारा किए गये पांच सालों के विकास कार्यो का लेखाजोखा जनता तक पहंचाया जायेगा मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन के माध्यम से अपन पहचान बनाये रखने वालों को जनता कोई समर्थन नहीं देने वाली उन्होंने बताया कि मई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा का दौरा करेंगे प्रभ् ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने की याद मे ग्ड फ्राईडे आज पूरे विश्व में श्रद्वापूर्वक मनाया जा रहा है

गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनायें आयोजित की जा रही है गूंड फ्राईडें को होली फ्राईडे ग्रेट फाईड् डे बैलक फ्राईडे और ईस्टर फ्राईडे के नाम से भी जाना जाता है इस दिवस पर पादरी प्रभ् ईसा मसीह द्वारा मानवता की भलाई के लिये सहन की गई यातनाओं का वर्णन करते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रभ् ईसा मसीह के बलिदानों को याद करते हये एक टिवीट में कहा कि प्रभु ईसा मसीह का जीवन उच्च आदर्श और अन्करणीय साल बहत सारे लोगों के लिये शक्ति का स्त्रोत है उन्होंने कहा कि प्रभु ईसा मसीह की शिक्षायें विश्व की असमानता और अन्याय मुक्त बनाने पर जोर देती है उधर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में भी ईसाई सम्दाय के लोगों द्वारा गिरजाघरों में प्रार्थनायें की जा रही है छोटी काशी के नाम से प्रसिद्व भिवानी के विभिन्न मंदिरों से आज हनमान जयंती श्रदवा व उल्लास के साथ मनाई गई इस अवसर पर मंदिरों को सजाया गया तथा दिन भर हृनमान जी की पूजा अर्चना की गई मदिरों में सुबह से ही पूजा के लिये श्रद्वाल्ओं की भीड़ ज्टी रही स्थानीय हनमान जोहड़ मंदिर धाम में हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया उधर यम्नानगर में प्राचीन कहा कि हनमान मंदिर जगाध्री श्री पंचमुखी हन्मान मंदिर बसातिया वाला बिलासप्र प्राचीन श्री चि ा हन्मान मंदिर यम्नानगर व जगाधरी के श्री पंचम्खी हन्मान में श्रद्वाल्ओं ने माथा टेका हन्मान सेवा समिति की ओर से जगाधरी मे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

रेवाड़ी के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी सी ग्र्प्ता ने आज अनाज मंडी बिठवाना व कोसली अनाज मंत्री का दौरा किया तथा सरसो व गेहं की खरीद के बारे जानकारी ली उन्होने किसानों के लिये बनाई हैल्प डेस्क व टोकन प्रक्रिया का भी जायज़ा लिया गेट पास के बारे बताया गया कि आज चार सौ पचास गेट पास जारी किये जा च्के है

सोनीपत के उपाय्क डा शालीन ने कहा है कि जिले के ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है जल्द ही इस सम्बध के विस्तृत रिपोर्टतैयार कर यहां कार्य मे तेज़ी लाई जायेगी डा शालीन आज सुबह लघ् सचिवालय के कांफ्रेसिंग हाल मे सोनीपत के सौन्दर्यकरण बारे एक समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे